प्रधानमंत्री कार्यालय की टिवीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने सोल शंति प्रस्कार में मिले एक करोड़ भी नमामि गंगे परियोजना को दान किये थे प्रधानमंत्री को ये प्रस्कार क्छ दिनों पहले दक्षिणी कोरिया में दिया गया था

विदयार्थियों को सम्बोधित करते हये शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले सयम में शिक्षा की अनदेखी के चलते शिक्षा का स्वरूप बदल रहा था पर वर्तमान सरकार ने इसे मुलभुत सुधार लाकर ग्णात्मक शिक्षा पर बल दिया है उन्होंने इस मौके पर विद्यार्थियों दवारा बनाई गई आर्कषक रंगोली के लिये उन्हे प्रस्कृत किया और पाकिस्तान मे आंतकी ठिकानों पर किये हवाई हमले पर कहा िक क्छ राजनीतिक दल भारतीय सैनिकों की सराहना करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राईक के सब्त मांग रहे है

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर कल जगाधरी के सिविल अस्पताल में पीपीपी मोड पर बनाये गए डायलिसस सेंटर का उदघाटन े करेंगे कार्यवाहक सिविल सर्जन डा विजय दहिया ने बताया कि इस डायलिसस सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी डीसीडीसी किडंनी केयर कपंनी को दी गई है

हरियाणा के श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने अम्बाला के गांव पंजलासा और खानप्र ल्बाणा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के क्शल नेतृत्व में आज ऐसी जल कल्याणकारी योजनायें लागू की गई है जो पहले नहीं थी

हरियाणा के राज्यापाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने य्वाओं का आहवान किया है कि वे राष्ट्रीय कैडेड कोर व राष्ट्रीय सेवा योजा का प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करें ताकि वे अनुशासित युवा बन कर कुशल नेतृत्व प्रदान करने के सक्षम है

इनमें आठ महिला केड्टस भी थी

राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी का आदर्श एकता व अन्शासन है जबकि राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श आया है

समारोह में एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आर एस मान भी उपल्ब्ध थे हरियाणा मे सात मार्च से श्रू हो रही विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल सात लाख पैंसठ हजार पांच सौ उनचास विदयार्थी कुल एक हजार सात सौ अड़तीस परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देंगे पचास केन्द्रों पर परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में होगी तथा एक सौ बयासी केन्द्रों केा संवेदनशील व अति संवदेशन शील घोषित गया है बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस बार बोर्ड प्रशासन ने एक नये फैसले के तहत ओबर्जरवर को परीक्षा अवधि के दौरान तीन घंटे परीक्षा केन्द्र में डय्टी देनी होगी साथ ही परीक्षार्थी को पहचान पत्र के साथ रंगीन एडमिट कार्ड भी लाना होगा

उन्होंने लोगों से अपील की है कि आठ व नौ मार्च को लोक अदालत में मुकदमा रख्कर फायदा उठाये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय के आदेशान्सार नगार निगम फरीदाबाद ने रिहायशी प्लाटों में चल रहे व्यापरिक गतिविधियों को रोकने और गरैर अधिकृत निर्माणें को तोड़ने के लिये एनआईटी ज़ोन के क्छ संसथाओं को लिखित नोटिस जारी किये है नोटिस मे कहा गया है कि इन प्लाटों में व्यावसायिक संस्थानों को बंद कर दिया जाये वर्ना नगर निगम इनकी किसी भी समय तोड़ या सील कर सकता है नगर निगम ने ये फैस्ला उच्च न्यायालय में कृष्ण लाल गेरा बनाम हरियाणा सरकार नामक दायर याचिका पर आये आदेशों के मद्देनज़र जारी किए है

उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाये व राज्यपाल को विशेषाधिकार का इस्तेमाल कल अधिनियम को वापिस लेना चाहिए श्री हडडा ने रोहतक बार एसोसिएश्न में वकीलों से मुलाकात के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का यह फैसला जन भावनाओं के खिलाफ है इसलिये इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतराज़ जताया है एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा च्नाव के लिये प्री तरह से शामिल है उन्होने हरियाणा कांग्रेस में किसी भी प्रकार की फूट से इन्कार किया है वहीं कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हडा ने कहा िक रोहतक लोकसभा क्षेत्र का च्नाव हरियाणा की राजनीतिक दिशा तय करेगा